वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले आम बजट में की घोषणा

आधार के जरिए भी जमा हो सकेगा आयकर

मुख्यमंत्री कमलनाथ बोले बजट जनता की उम्मीदों के विपरीत

उन्होंने जीरो बजट खेती पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है इस दौरान उन्होंने खाद्यानों दलहनों तिलहनों फलों और सब्जियों की स्व पर्याप्तता और निर्यात पर विशेष रूप से जोर दिया किसानों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि बजट में अनेक प्रावधान किये गये हैं प्रधानमंत्री मछली संपदा योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास आधुनिकीकरण उत्पादन उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की बात कही गई है क्रषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये बांस शहद और खादी वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में बताई गई है मौजूदा वित्तीय वर्ष के बजट में पचास हजार शिल्पकारों को सक्षम बनाने के लिये सौ नये क्लस्टर बनाने का भी कार्यक्रम है

इसके लिये स्थानीय स्तर पर प्रबंधन वर्षा जल संचय भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है

इनमें शौचालय बिजली और रसोई गैस कनेक्शन भी दिये जाएगे

उन्होंने कहा कि गांव को बाजार से जोड़ने वाली सड़कों का भी उन्नयन किया जाएगा स्वच्छता अभियान के तहत हर गांव में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था होगी

उन्होंने बताया कि सरकार ने उज्जवला योजना के अंतर्गत एक करोड़ नये मुफत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है

हालांकि व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रानिक वाहन के लिए लिये गये ऋण के डेढ लाख रूपये तक के ब्याज पर आयकर छूट दी जाएगी वित्तमंत्री ने बताया कि एक दो पांच दस और बीस रूपये के नये सिक्के जारी किये जाएगे

वहीं विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एक एक रूपये प्रतिलीटर लगाया गया है एसी स्टेनलेस स्टील के उत्पादों सिगरेट और तम्बाकू उत्पादों पर शुल्क में वृद्धि की गई है वित्तमंत्री ने कहा कि जीएसटी से पंजीकृत सभी सूक्ष्म लघ् और मध्यतम उद्योगों को नये और वृद्धि संबंधी ऋणों पर दो प्रतिशत के अनुदान के लिए साढ़े तीन अरब रूपये आवंटित किये हैं डेढ़ करोड़ रूपये से कम का कारोबार करने वाले दुकानदारों और खुदरा व्यापारियों के लिए प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के तहत पेंशन दी जायेगी

लोकसभा में कांग्रेस के नेता अभिरंजन चौधरी ने कहा कि आम बजट में कोई नया कदम नहीं उठाया गया है वहीं मॉर्क्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी ने आरोप लगाया कि यह उद्योगपतियों के अनुकूल बजट है प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी टविट संदेश के जरिए कहा कि इस बजट से विकास की रफ़तार धीमी होगी उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों से इसका कोई सरोकार नहीं है

प्रतिवर्ष एक हजार पदों पर नियुक्ति दी जाऐगी

वहीं ग्वालियर रीवा और चंबल संभागों के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई

वहीं उमरिया जिले में भी पिछले वर्ष की तुलना में अब तक अधिक बारिश हई है

झाबुआ शिवप्री विदिशा नरसिंहपुर जबलपुर खंडवा खरगोन शहडोल रायसेन सहित विभिन्न जिलों से बारिश के समाचार मिले हैं